जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका स्वागत किया बताया जाता है कि पार्टी मुख्यालय पर आयोजित बैठकों में उन्होंने सरकार के कामकाज के फीड बैक के साथ ही प्रदेश संगठन की नई टीम की संभावनाएं टटोली श्री नड्डा सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे यहां पर उनकी अगवानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष अजय भटृट प्रोटोकॉल मंत्री डॉ धन सिंह रावत और प्रदेश संगठन मंत्री नरेश बंसल ने की रिस्पना पुल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया श्री नड्डा के साथ भाजपा महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी मौजूद रहे इसके बाद उन्होंने सांसद और विधायकों की बैठक ली साथ ही महानगर भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत की और प्रदेश के अलग अलग जिलों में नये बने जिला कार्यालयों का भी उद्घाटन किया प्रदेश संगठन के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें की जिसमें उन्होंने सांगठनिक चुनावों की रिपोर्ट लेने के साथ ही संगठन के कामकाज की जानकारी भी ली उनको पिछले ढाई साल के दौरान प्रदेश सरकार की नीतियों कार्यक्रमों और फैसलों के बारे में बताया गया दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार दिया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार योजना से स्कूलों और बच्चों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल रोजगार ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होना चाहिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षकों से कहा कि वे बच्चों का उचित मार्गदर्शन करें और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहयोग करें उन्होंने कहा कि ये प्रस्कार बच्चों के लिए औषधि का काम करेंगे मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि ग्रोथ सेंटर के अन्तर्गत लायी जाने वाली योजनाओं में अधिक से अधिक स्थानीय जनता को जोड़ा जाएगा मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रोथ सेंटर योजना प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र विशेष में चिन्हित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के साथ ही युवाओं का पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है उन्होंने बताया कि योजना का मकसद नई तकनीकि का समावेश करते हए डिजाइन पैकेजिंग और विपणन संबंधी आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता के लिए आवश्यक लिंकेज स्थापित करना है

किसान मेला अल्मोड़ा जिले के हवालबाग क्षेत्र में विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विभाग ने किसान मेले का आयोजन किया पहाड़ी जिलों में खेती के प्रति काश्तकारों की घट रही रुचि और राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय कृषि और विपणन की तमाम योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया मेले में पर्वतीय क्षेत्र के काश्तकारों को गुणवत्ता युक्त तकनीक की जानकारी देने के लिए उन्नत कृषि यंत्र और किसानों से संबंधित सभी तरह के स्टॉल लगाये गये मेले में अल्मोड़ा चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ के काश्तकार पहुंचे इस मौके पर किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया

इसमें मिशन अन्त्योदय सर्वे और ग्राम पंचायत विकास योजना यानि जीपीडीपी प्लान तैयार किया जाएगा देहरादून में जीपीडीपी से संबंधित बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार ने ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों की ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना में उन्हीं कार्यो के प्रस्ताव किए जाएं जो कि संबंधित विभागों के मानकों के अंतर्गत आते हों

राजाजी टाईग रिजर्व विश्व प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खोल दिये गए हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में अधिकारियों ने आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद पार्क के चीला रानीपूर और मोतीचूर रेंजो के गेट सैलानियों के लिए खोले हरिद्वार के चीला रेंज में सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई देश विदेश से आए सैलानियों में पार्क के दीदार को लेकर उत्साह देखने को मिला अगले सात महीने तक सैलानी पार्क का भ्रमण कर सकेंगे पार्क के उप निदेशक ने बताया कि जल्द ही कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर पर्यटकों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की जाएगी

वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री की पहाड़ियों पर कल रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई इससे पूरी गंगोत्री घाटी शीतलहर की चपेट में है उधर बागेश्वर जिले में पिंडर घाटी के उंचाई वाले ईलाकों में भी बर्फबारी हुई है वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिंडारी ग्लेशियर के जीरो प्वाइंट में दो फीट तक बर्फ गिरी है इसके अलावा कर्मी चिल्ठा सूपी चिल्ठा बैलूनी बुग्याल समेत फुरकिया में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक पिंडारी वाले क्षेत्र में दूसरी बार हिमपात हुआ है इससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है फिलहाल ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है साइकिलिंग प्रशिक्षण प्रदेश में साहसिक खेलो को बढ़ावा देने और इससे स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है

उप जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल ने बताया कि जिले में पहली बार आयोजित होने वाले इस एडवेंचर प्रोगाम से साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवा स्वरोजगार की तरफ आकर्षित होंगे

भगवान गणेश मंदिर के कपाट के बाद श्री आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिये बंद कर दिये गए हैं

गौचर मेला राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक गौचर मेले के दूसरे दिन सुबह महिला और पुरूष वर्ग में क्रॉस कन्ट्री दौड़ आयोजित की गई

दौड़ के पहले पांच तेज धावकों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया वहीं गुरुवार को मेले की पहली सांस्कृतिक उड़ीसा के दिव्यांग कलाकारों के नाम रही उड़ान ग्रूप के दृ ष्टिविहीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया इसके अलावा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया अतिक्रमण अल्मोड़ा अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में अतिक्रमण को लेकर छावनी परीषद ने सख्ती तेज कर दी है कैंट प्रशासन ने नगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया साथ ही अतिक्रमणकारियों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजने का कार्य भी किया जा रहा है

कोर्ट ने सभी पक्षकारों से इस रिपोर्ट का अध्ययन करके यह बताने को कहा है कि पहली और दूसरी जांच रिपोर्ट में क्या भिन्नताएं हैं मामले के अनुसार हरिद्वार के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजाजी नेशनल पार्क में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बाघों और लेपर्ड का अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है और उनके अंगों को जमीन में गाड़ा जा रहा है अब संक्षिप्त समाचार राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद भाजपा कांग्रेस घेरने की पूरी तैयारी में है इसके तहत भाजपा कल देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी भाजपा कंग्रेस और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग करेगी हल्द्वानी में आयोजित खनन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि गत सत्र में एक भी चक्कर ना लगाने वाले खनन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा साथ ही नंधौर नदी गेटों में रिक्त खनन वाहनों का पंजीयन रैण्डमाईजेशन के माध्यम से किया जायेगा टिहरी में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण आवेदनपत्रों के चयन के लिए आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार लिया गया